आईएएस अमृत कुमार खलको राज्यपाल के नये सचिव बनाए गए

मुख्यमंत्री ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में गृह विभाग के कामकाज की समीक्षा की बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक से कहा कि महिला अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा की जाए इसके लिए एसओपी बनाई जाए और पुलिस मुख्यालय महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सीधे समीक्षा करे उन्होंने कहा कि सभी जिलों में इन अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष जांच दल का भी गठन किया जाए मुख्यमंत्री ने बैठक में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए शुरू किए जाने वाले समर्पण अभियान के लिए अपनी सहमति दी बैठक में पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने बताया कि इस साल राज्य में महिलाओं के खिलाफ घटित होने वाले अपराधों में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए पुलिस द्वारा समर्पण अभियान चलाया जाएगा इस अभियान में ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ा जाएगा जो अकेले रहते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना काल में महामारी से सुरक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और उनकी समस्याओं का शीघ्र निदान किया जाएगा इस अभियान से जुड़ने के लिए वरिष्ठ नागरिक थाने में आवेदन देकर अथवा पुलिस मुख्यालय से जारी व्हाट्सअप नंबर तथा ई मेल पते पर आवेदन देकर समर्पण सदस्यता प्राप्त कर सकेंगे प्रथम चरण में यह अभियान रायपुर दुर्ग और बिलासपुर जिले में चलाया जाएगा

इससे पहले मुख्यमंत्री ने महिला संबंधी अपराधों की विवेचना में लापरवाही बरतने पर वाड्रफनगर के एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल और रघुनाथ नगर के थाना प्रभारी जॉन प्रदीप लकड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय सरगुजा रखा गया है केंद्रीय मंत्री पत्रकारवार्ता केंद्रीय मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी राज्यमंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालयान ने केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित कृषि संशोधन विधेयकों को किसान और खेती किसानी के लिए लाभदायक बताया है आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में श्री बालयान ने कहा कि किसानों को अधिकार है कि वे अपना उत्पाद देश के किसी भी भाग में बेच सकते हैं इन विधेयकों का फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा मंडियों को बंद करने से कोई संबंध नहीं है श्री बालयान ने कहा कि सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी मंडियों से जारी रहेगी इन विधेयकों से किसानों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिलेगी केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि कृषि संशोधन विघेयकों से राज्यों के समर्थन मूल्य पर खरीदी से जुड़े अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए श्री बालयान ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जल्द ही शुरू करे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को अब तक धान खरीदी की दो किश्तों का ही भुगतान किया गया है

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस वर्ष छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का कोटा बढ़ाया है जो किसानों के हित में है श्री बालयान ने कहा कि कृषि विधेयकों में किसानों को तीन दिनों के भीतर बेची गई फसलों का भुगतान करने का प्रावधान है कोई भी कानूनी प्रावधान होने की स्थिति में किसान संबंधित क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय में जाकर इस संबंध में शिकायत दर्ज करा सकते हैं मरवाही उपचुनाव मरवाही विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिले की प्रक्रिया चल रही है आज दो नामांकन पत्र दाखिल किए गए अब तक कुल तीन नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं वहीं चौदह लोगों ने नाम निर्देशन पत्र लिया है आज कांग्रेस के कृष्ण कुमार ध्रव और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ऋतु पंदराम ने नामांकन दाखिल किया मिली जानकारी के अनुसार भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह कल नामांकन दाखिल करेंगे इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे गौरतलब है कि मरवाही उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि सोलह अक्टूबर है इस सीट पर मतदान तीन नवंबर को होगा इस बीच ऋचा जोगी जाति मामले में मुंगेली जिला छानबीन समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि सभी दस्तावेजों का संकलन किया जा रहा है उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा जेईई एडवांस इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा दो हजार बीस में जो उम्मीदवार कोरोना संक्रमित होने के कारण शामिल नहीं हो पाए थे वे अगले वर्ष इसे फिर से दे सकते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने कल एक बैठक में कोविड से ग्रस्त होने पर दाखिला परीक्षा में शामिल न हो पाने वाले उम्मीदवारों को एक और अतिरिक्त प्रयास की अनुमति देने का फैसला किया संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि इन उम्मीदवारों को जेईई मुख्य परीक्षा दो हजार इक्कीस पास नहीं करनी होगी और उन्हें दो हजार बीस के जेईई एडवांस परीक्षा के लिए सफल पंजीकरण के आधार पर ही दो हजार इक्कीस के जेईई एडवांस में सीधे शामिल होने की अनुमति होगी तबादला बस्तर संभाग के आयुक्त अमृत कुमार खलको राज्यपाल के नये सचिव होंगे उन्हें कृषि विभाग के सचिव का प्रभार भी सौंपा गया है वहीं आईएएस सोनमणि बोरा को राज्यपाल के सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए उन्हें सिर्फ संसदीय कार्य विभाग का प्रभार दिया गया है

जिले में अब तक बारह हजार एक सौ इकहत्तर मरीज होम आइसोलेशन की अवधि पूरी कर स्वस्थ हो चुके हैं जिले के एडीएम विनीत नंदनवार के निर्देशन में रायपुर जिला कलेक्टोरेट में होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम बनाया गया है जो चौबीस घंटें संचालित रहता है बिना लक्षण वाले मरीजों की रिपोर्ट पॉजीटिव आने को बाद उन्हें होम आइसोलेशन ऐप के जरिये ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद नोडल अधिकारियों के माध्यम से घर तक दवाइयां पहुंचाई जाती है इसके बाद ही काउंसलर मरीजों को समय समय पर फोन करते हैं और उनकी सेहत की जानकारी लेकर मनोबल बढ़ाते हैं तबीयत ज्यादा खराब होने पर इन मरीजों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाता है इसी तरह राजनांदगांव जिले में भी लक्षणरहित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है इसके लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम दिग्विजय स्टेडियम में बनाया गया है यहां रात्रिकालीन एंटीजन कोरोना परीक्षण केन्द्र भी स्थापित किया गया है इस केन्द्र का निरीक्षण महापौर हेमा देशमुख और कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने किया इस दौरान उन्होंने मरीजों से फोन पर बात कर उनकी सेहत की जानकारी ली वहीं दुर्ग जिले में भी होम आइसोलेशन का प्रयोग काफी सफल साबित हुआ है यहां अब तक छह हजार से अधिक कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में रहते हुए स्वस्थ हो चुके हैं

पांच से बारह अक्टूबर तक चले इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग की एक सौ अस्सी टीमों ने घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली उधर कोंडागांव के विधायक मोहन मरकाम ने कोरोना संकट काल में निःस्वार्थ सेवा करने वाले स्वच्छताकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया कोरोना जागरूकतारजनी रजक आने वाले दिनों में त्यौहारों के दौरान लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए इन दिनों देशभर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वावधान में आज देशभर के एम्स और प्रमुख केंद्रीय अस्पतालों के निदेशकों की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई बैठक के दौरान डॉक्टरों नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल छात्रों द्वारा निरंतर जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर जोर दिया गया इस अवसर पर एम्स रायपुर के निदेशक नितिन एम नागरकर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को बताया कि एम्स रायपुर विभिन्न माध्यमों के जरिये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जगह जगह पोस्टर और बैनर भी लगाए गए हैं वहीं कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राजनांदगांव में सोलह से बाईस अक्टूबर तक कोरोना सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा इस दौरान मास्क लगाने हाथ धोने और सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे संदेशों पर आधारित स्लोगन लेखन और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी कोरोना सुरक्षा सप्ताह के तहत महापौर ने लोगों से उन्नीस अक्टूबर को अपने अपने घरों के सामने दीये जलाने की अपील की है इस बीच छत्तीसगढ़ की जानी मानी लोकगायिका और नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित रजनी रजक ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है

उन्होंने कहा है कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में खाद्य और औषधि प्रशासन में अभिहित अधिकारी पद पर सहायक खाद्य और औषधि नियंत्रक को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जो केन्द्र सरकार के नियम के विरूद्व है उन्होंने कहा है कि पूर्णकालिक नियुक्ति नहीं होने से मानकों का पालन नहीं हो पा रहा है नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने का अनुरोध किया है रेलवे जागरूकता अभियान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेलमंडल द्वारा समपार फाटक सावधानीपूर्वक पार करने के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तेरह से सत्रह अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान रेलवे सुरक्षा बल के जवान लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि रेलवे फाटक बंद होने पर उसे लापरवाहीपूर्वक पार करने की कोशिश न करें ऐसा करने से जान भी जा सकती है गौरतलब है कि रायपुर रेलमंडल में अप्रैल दो हजार उन्नीस से मार्च दो हजार बीस तक रेलवे फाटक लापरवाहीपूर्वक पार करने के मामले में पैंतालीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है व्यवहार न्यायाधीश मुख्य परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई व्यवहार न्यायाधीश मुख्य परीक्षा दो हजार उन्नीस के तहत हुई लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं लिखित परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट पीएससी डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन पर देखे जा सकते हैं लोक सेवा आयोग से मिली जानकारी के अनुसार व्यवहार न्यायाधीश के उनतालीस पद के लिए इक्कीस सितंबर दो हजार बीस को मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी मुख्य परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए एक सौ सत्ताईस अभ्यर्थियों का चयन किया गया है साक्षात्कार की तिथि अलग से घोषित की जाएगी मौसम कर्नाटक महाराष्ट्र और तेलंगाना के पास एक अवदाब स्थित है इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी की ओर से काफी मात्रा में नमी आ रही है इस कारण अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं

इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से पीड़ित परिवारों को पच्चीस लाख रूपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की

उनके पास से करीब साढ़े आठ लाख रूपये की सट्टा पट्टी और दस मोबाइल जब्त किए गए हैं

गांजे की कीमत लगभग डेढ़ लाख रूपये बताई जाती है वहीं दुर्ग जिले के रूआबांधा क्षेत्र में भी एक व्यक्ति के पास से डेढ़ किलो गांजा जब्त किया गया है